पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में आगलगी की घटना में पांच लोगों की मौत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक शेयर बाजार कल ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा आंकड़ा पचास हजार के पार हुआ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

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी में कोविड टीकाकरण कर्मियों और टीका लगवा चुके लोगों से आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे बातचीत में शामिल लोग प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुभवों को साझा करेंगे इससे पहले प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों राजनीतिक दलों के नेताओं अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सुचारू रूप से संचालन के लिए लगातार विचार विमर्श किया है

उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसकी समस्या टीका लगने से संबंधित नहीं है झारखंड कोरोना राज्य में अब लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सड़सठ पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं राज्य में कोरोना से एक सौ छत्तीस मरीज ठीक हुए हैं इसके बाद सिर्फ एक हजार बत्तीस सक्रिय मामले हैं

जबकि राज्य में कोरोना से रांची जिले से एक मरीज की मौत हुई है स्वास्थ विभाग के अनुसार रांची से पैंतीस बोकारो से पांच पूर्वी सिंहभूम से पांच पलामू से चार पश्चिमी सिंहभूम से तीन गुमला चतरा धनबाद लातेहार से दो दो और दुमका गढ़वा गोड्डा हजारीबाग कोडरमा रामगढ़ साहेबगंज सिमडेगा से एक एक मरीज मिले हैं

जबकि एक लाख पंद्रह हजार नौ नवासी मरीज ठीक हुए हैं

कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रूप से संक्रमित हुए शिक्षा मंत्री चेन्नई के एमजीएम हेल्थकेयर हॉस्पिटल में इलाजरत हैं इस दौरान शिक्षा मंत्री का सफल लंग्स ट्रांस्पलांट हुआ है

काफी दिनों पर उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है संभावना है कि हॉस्पिटल से जल्द शिक्षा मंत्री को छुट्टी मिल सकती है और झारखंड वापस आ सकते हैं सीरम आग पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया की इमारत में कल दोपहर बाद जबर्दस्त आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गयी इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अडर पुनावाला ने आग लगने की दुर्घटना में लोंगो के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है

संस्थान की जिस इमारत में आग लगी वह इसी परिसर में स्थित कोविशील्ड बनाने वाली इकाई से करीब एक किलोमीटर दूर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग की दुर्घटना के कारण हुई जनहानि बहुत दुखद है एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि उनकी भावनाएं और प्रार्थना शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी भावनाएं आग के कारण मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हैं उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की

इस मामले से जुड़े सभी पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द करने का फैसला सुनाया है

इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी को दोबारा विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है आज से पूरे राज्य में इसकी मुख्य परीक्षा होनी थी और उससे पहले हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है

किसान वार्ता केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का अगला दौर आज नई दिल्ली में होने वाला है

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि सभी मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं ताकि उचित समाधान निकाला जा सके हालांकि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा कि वे अपनी मांग पर टिके हुए हैं और जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक किसी और प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा

बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज के तीस शेयरों का सूचकांक कल पहली बार पचास हजार के स्तर को पार कर गया हालांकि बाद में एक सौ छियहतर अंक के नुकसान के साथ उनचास हजार छह सौ चौबीस दशमलव सात छह अंक पर बंद हआ

भारत की अनेक महिला खिलाड़ियों ने गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद सफलताएं प्राप्त की हैं इनमें से एक मध्यप्रदेश की निशानेबाज मनीषा कीर भी हैं मछुआरे की बेटी मनीषा कीर ने खेल के इस क्षेत्र में बड़ी उपलक्षियां प्राप्त की हैं

एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी लिमिटेड ने आज अपने कार्यक्षेत्र में इजाफा करते हुए कृ ष्णाशिला में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल के लिए एक कोल हैंडलिंग प्लांट की स्थापना की एचईसी को इस प्लांट की स्थापना के लिए एक सौ छियहतर करोड़ का वर्क आर्डर मिला था इस प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन कोयला खनन और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया था इस अवसर पर सचिव अनिल क्मार जैन और सीएमडी कोल इंडिया लिमिटेड प्रमोद क्मार अग्रवाल उपस्थित थे

घटना स्थल पर एसडीपीओ राजेन्द्र प्रसाद और थाना प्रभारी द्वारिका राम के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं दबे लोगों और शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है बताया जाता है कि वहां अवैध रूप से माईका स्क्रैप चुनने और निकालने का काम लंबे अरसे से चल रहा है

जैसा कि आपको मालूम है कि सिमडेगा से दर्जनों से अधिक अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हुए हैं और यहां के गांव गांव में हॉकी की प्रतिभा भरी हुई है इसी को देखते हुए यहां के नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोला नाथ सिंह के निवेदन पर हॉकी इंडिया ने इस प्रतियोगिता को सिमडेगा में करने का निर्णय लिया है अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने आज पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में हुई आगलगी की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं झारखंड हाईकोर्ट द्वारा आज होने वाली सहायक अभियंता की नियुक्ति परीक्षा को रद्द किए जाने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने लिखा है ऐतिहासिक ऊंचाई पर सेंसेक्स पचास हजार के स्तर को किया पार दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने आज से होने वाली संयुक्त सहायक नियुक्ति परीक्षा स्थगित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने अपने लीड खबर में लिखा है किसानों ने रद्द किया सरकार का प्रस्ताव तीन कानून रद्द करने और एमएसपी पर अड़े रांची एक्सप्रेस ने सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग पांच की मौत शीर्षक को अपने अखबार की सुर्खी बनाई है रांची से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द टाईम्स ऑफ इंडिया ने सेंसेक्स की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और हिंदुस्तान टाईम्स ने सीरम इंस्टीट्यूट में आगलगी की खबर के साथ राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है